राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई ग्यारह हजार तीन सौ छियासी चार हजार तीन सौ से अधिक लोग हुए स्वस्थ खूंटी जिले से पुलिस ने दो लाख के इनामी नक्सली एरिया कमांडर को हथियार के साथ गिरफ्तार किया राज्यभर में ईद उल अजहा का त्योहार श्रद्वा और उल्लास से मनाया जा रहा है राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी

उन्होंने कहा इस सोच के साथ ही देश में अनुसंधान नवाचार विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक जरूरी माहौल बनाया गया है

ऐसे में पूरा ध्यान सीखने अनुसंधान और नवाचार पर केंद्रित होना चाहिए

गौरतलब है कि स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक राष्ट्रव्यापी पहल है जो छात्रों को हमारे दैनिक जीवन में आने वाली बडी समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है

राज्य में आज कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर ग्यारह हजार तीन सौ छियासी हो गयी है अभी राज्य में कोरोना के छह हजार नौ सौ सत्रह सकिय मामले हैं और चार हजार तीन सौ उनचास लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए है बोकारो जिले के भी छह मरीज अज स्वस्थ होकर घर वापस लौट गये

इधर पलामू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रिथत हेल्थमैप के मैनेजर और मेडॉल के एक कर्मी सहित बीस नये कोरोना संक्रमित पाए गए हैं

हजारीबाग जिले में कोरोना संकमण के नये मामलों में वृद्धि हो रही है इसे देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से कोरोना जांच को लेकर विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है

मुआयना करने के दौरान उपायुक्त ने दोनों ही मैदानों में बैठने की क्षमता सहित अतिथियों के बैठने की व्यवस्था का जायजा लिया साथ ही उन्होंने फ्लैग मार्च के लिए चलने वाले वैन के चलने के रास्ते इत्यादि की जानकारी ली उपायुक्त ने कहा कि दोनों ही मैदान अपनी अपनी जगह स्वतंत्रता दिवस समारोह के आयोजन के लिए फिट है एक रिपोर्ट तैयार कर इसकी एनालिसिस कर राज्य सरकार को आगे के निर्णय के लिए भेज दिया जाएगा

लेकिन इस वर्ष कोरोना महामारी को लेकर मोरहाबादी मैदान में झंडोत्तोलन का कार्यक्रम नहीं होगा झारखण्ड में कमर्शियल कोल माइनिंग का विवाद सुलझने के आसार बढ़ गये हैं

जनजातीय कार्य मंत्रालय का यह प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार करने और पारदर्शिता लाने के साथ साथ सेवाओं के वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की दिशा में एक कदम है

केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदिवासी युवाओं के विकास एवं पारदर्शिता की सोच को मंत्रालय ने धरातल पर उतारने की कोशिश की है उन्होंने कहा कि डीबीटी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक क्रांति है जिसने देश में शासन तंत्र को बदल दिया है इस स्तर की परियोजनाएं हमारे प्रधानमंत्री के विजन और डीबीटी मिशन नीति आयोग के लगातार मार्गदर्शन और मंत्रालय की पूरी टीम के सहयोग से संभव हुई है लॉकडाउन के दौरान आदिवासियों को समय पर उनका पैसा मिले इसके लिए पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है

जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि अड़की थाना क्षेत्र के रायतोडांग जंगल में नक्सलियों का जमावड़ा है सूचना के आधार पर छापामारी दल का गठन कर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एरिया कमांडर को गिरफ्तार किया

प्रधानमंत्री के आह्वान पर लोकल के लिए वोकल के नारे को चरितार्थ करते हुए कामकाजी महिलाएं घरों में ही राखियां बना रही है वैश्विक महामारी और भारतीय सीमा पर चीन के साथ हुए तनाव के कारण चाइनीज राखियों के बहिष्कार का असर अब रामगढ़ के बाजारों में देखने को मिल रहा है

वहीं राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बकरीद पर राज्यवासियों को बधाई दी है इधर बकरीद को लेकर राज्यभर के सभी संवेदनशील क्षेत्रो में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये गये है कोरोना संक्रमण के कारण इस बार बकरीद के त्योहार को सादगी से मनाने के साथ ही लोगों ने घरों में नमाज अदा करने के साथ ही सोशल डिस्टेसिंग के दिशा निर्देशों का पालन किया लोहरदगा जिले में भी ईद उल अजहा का नमाज मुस्लिम धर्मावलंबियों ने सादगी पूर्ण तरीके से अपने अपने घरों में पढा राज्य के अन्य सभी जिलों में भी बकरीद की नमाज घरों में अदा की गयी राज्य में मॉनसून के दौरान अब तक सामान्य से करीब तेरह फीसदी कम बारिश हुई है रांची स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि एक जून से लेकर इक्कतीस जुलाई तक राज्य के दो जिलों में सामान्य से अधिक चौदह जिलों में सामान्य और आठ जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई उन्होंने बताया कि राज्य में इस अवधि में सामान्य रूप से करीब पांच सौ तीस मिलीमीटर बारिश होती है लेकिन इस बार अब तक चार सौ साठ मिलीमीटर बारिश ही रिकॉर्ड की गयी है